प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों को संतुलित करने के लिये तेल और गैस के जिम्मेदार मुल्य निर्धारण की ओर अग्रसर होना होगा

प्रधानमंत्री ने तेल और गैर के लिये पारदर्शी और लचीले बाज़ारों की ओर बढ़ने की आवश्यक्ता पर बल दिया ताकि ऊर्जा की जरूरतों को अनुकुल तरीके से प्रा किया जा सके

उन्होंने कहा कि प्रट्रोटैक ऊर्जा क्षेत्र में द्रनिया की च्नौतियों का सामना करने के लिये एक मंच है और ऊर्जा सामाजिक आर्थिक विकास का एक प्रम्ख चालक है और भारत के लिये ऊर्जा न्याया सर्वोच्च प्राथमिकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल कुरूक्षेत्र में पंचकुला जिलो से श्रीमाता मनसा देवी परिसर में डिजीटल माध्यम से राष्ट्रीय आय्वेद संस्थान का नींव पत्थर रखेंगे पंचकूला के विधायक व म्ख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता ने बताया कि यह प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर का आय्र्वेद का एक मात्र संस्थान होगा इस अवसर पर अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे

प्रधानमंत्री क्रूक्षेत्र से ही झज्जर के बाढ़सा में भारत के सबसे बड़ी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उदघाटन् भी करेंगे

इस यूनिवर्सिटी का नाम दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जा रहा है कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ग्र्जर ने आज यम्नानगर जिले छछरौली के कोट गांव में तीन करोड़ तीस लाख रूपये की लाग से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उदघाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में श्रू हुई परियोजनाओं में से अस्सी प्रतिशत पूरी जो चुकी है और विधानसभा च्नाव होने तक सभी काम पूरे हो जायेंगे आज भिवानी में भी जनसंघ के संस्थापकों में से एक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पृण्यतिथि पर कार्यकर्ताओं ने श्रदवास्मन अर्पित किये भाजपा नेता रीतिक वधवा ने श्रद्वाजंलि अर्पित करते हये कहा कि उपाध्याय ने भारत की सनातन विचार धारा को य्ग अन्कूल रूप में प्रस्त्त करते हये देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी दीन दयाल इस राजनीति के प्रोधा थे जो दूसरों के द्ःख दूर करने में ख्द को गला देना राजनीतिक का सर्वोपरि उद्देश्य मानते थे म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कहा है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा पर समर्पित किया हमें उनकी मार्ग पर चलते हये अन्त्योदय की भावना से आगे बढ़ना चाहिए

इस मौके पर जनसभा को सम्बोधित करते हये सेंटर स्टेट लाइब्रेरी चार मंजिला उप मंडल स्तरीय सचिवालय भ्वन में बनेगी और इसके बनेन से सी कार्यालय एक छत के नीचे आ जायेंगे जिससे क्षेत्र वासियों को अपने कामों के लिये इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा इस मौमे पर उन्होंने कहा कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित करते हये कहा कि उनकी विचार धारा के अन्रूप देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहंचाया जा रहा है इस मौके पर पत्रकारों के प्रश्न का उत्तर देते हये उन्होंने कहा कि बसपा का गठबंधन हर पार्टी से टूट जाता है और बसपा ने पहले हरियाणा जनहित कांग्रेस फिर इनैलो और अब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गठबंधन किया है अब भी गठबंधन का हश्र्र वैसा ही होगा

प्रतियोगिता का शुभारंभ चीफ पोस्ट मास्टर जरनल रंजू प्रसाद ने किया

पांच दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि अच्छा पौष्टिक आहार और स्वस्थ बचपन ही नव भारत की नींव है आज उत्तरप्रदेश के वंदावन में अक्षय पात्र फाउडेंशन द्वारा तीन अरबवीं भोजप थाली परोसे जाने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पोषाहार मिशन मिशन इंद्रधन्ष और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के जरिये बच्चों के पोषाहार टीकाकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन इंद्रध्न्ष के तहत अब तक तीन करोड़ चालीस लाख बच्चों तथा नब्बे लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है आकाशवाणी के संवाददाता प्रधानमंत्री ने तीन अरबबीं थाली स्कूली बच्चों को परोसी अध्यापन भोजन योजना को विश्व में अपनी तरीका सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है

श्री ग्र्जर ने इस मौके पर कहा कि इस विश्राम गृह के निर्माण पर डेढ़ करोड़ रूपये लागत आड़ है उन्होंने कहा कि पिछले पौने पांच सालों में फरीदाबाद में कई विकास कार्य हये है पूर्व सरकारों के समय फरीदाबाद की ओर ध्यान नहीं दिया गया रेवाड़ी के उपाय्क्त अशोक क्मार शर्मा ने बीमा कंपनियों को पीडि़त किसानों को तीन दिन में कलेम देने के निर्देश दिये है और कहा है कि अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने सर्वे हरियाणा ग्रामीण बैंक नाहड़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोसली तथा एचडीएफसी बैंक रेवाड़ी को भी सख्त निर्देश दिये है कि किसानों केा जल्द से जल्द क्लेम दिलाने की कार्रवाई की जाये इनमें से सोलह मामले सेंट्रल बैंक भी है जिन्होंने क्लेम नहीं दिया है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से अपने द्विभाषीय साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज का विषय है किसानों के कल्याण के लिये सरकार के कार्यक्रम और नीतियां